वे नोवल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के सम्बंध में फैसले की घोषणा कर सकते हैं नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इक्कीस दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन कल समाप्त हो रहा है आशा की जा रही है कि प्रधानमंत्री इसकी अवधि आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने चौबीस मार्च को राष्ट्र को सम्बोधित किया था और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए देश की सामूहिक प्रतिबद्वता दिखाने के लिए लोगों से पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट तक अपने घर की बत्तियां बुझाकर दीपक मोमबत्ती या मोबाइल फोन का टार्च जलाने की अपील की थी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शनिवार को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्यों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर आम सहमति बन गई है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी पन्द्रह अप्रैल से सुरक्षित दूरी का महत्व बनाए रखते हुए अपनी ड्यूटी फिर शुरू करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को फसल काटने और ले जाने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और इस बात के प्रयास हो कि उन्हें फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके उन्होंने कहा कि कृषक उत्पाद संगठनों के माध्यम से इस बात के प्रयास किए जाए कि किसानो की फसले उनके खेतो या गांव से खरीदी जा सके उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाए जिससे उनकी पढ़ाई में लॉक डाउन की बजह से व्यवधान न आए मुख्यमंत्री ने किसी भी धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सार्वजनिक स्तर पर आयोजित न करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने लोगों से वैशाखी और अंबेडकर जयंती अपने घरों पर ही रहकर मनाने की अपील की और कहा कि भीड़ भाड़ से बचा जाए केन्द्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान छूट संबंधी दिशा निर्देशों का पालन देश के कुछ भागों में उचित रूप से नहीं किया जा रहा है केन्द्र सरकार के अनुसार अनिवार्य और अन्य वस्तुए ले जा रहे वाहनों को पुलिस द्वारा रोका जा रहा है जिससे वस्तुओं की कमी होने की आशंका है समी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि देश के कुछ भागों में लोगों और सेवाओं के लिए दी गई रियायतों संबंधी दिशा निर्देशों और स्पष्टीकरणों का लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि आवश्यक और अन्य वस्तुएं ले जा रहे ट्रकों और इन वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों के संचालन के लिए आवश्यक श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान पास नहीं मिल पॉ रहे हैं

प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने आकशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर सभी सरकारी खरीद केन्द्रों और मंडियों में किसानों से गेहूँ खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के सख्त निर्देश दिये गये हैं किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो इसका ध्यान रखा जायेगा प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि किसानों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन एक शून्य सात छ और राहत आयुक्त की हेल्पलाइन एक शून्य सात शून्य चौबीस घंटे काम कर रही है इस पर कोई भी शिकायत मिलने पर उसका तत्काल समाधान किया जायेगा बस्ती जिले में एक और व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके साथ ही जनपद में कोविड नाइन्टीन के मरीजों की संख्या चौदह हो गयी है जनपद में एक युवक की कोरोना से मृत्यु भी हो चुकी है अन्य सभी मरीज इस युवक के संपर्क में आने के कारण वायरस से संक्रमित हुए हैं जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन सभी संभव कदम उठा रहा है उधर अपर जिलाधिकारी रमेश चंद्र ने आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी न करने पर एक सौ बारह किराना स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया है उन्होंने कहा कि इन सभी दुकानदारों को लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं के घरों तक सामान पहुंचाने की शर्त पर व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी गयी थी

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने बाहर से आए लोगों को चौदह दिनों तक उनके घरों में ही रहने का निर्देश जारी किया था दूढनपुर में सबसे अधिक इकतालीस लोगों के खिलाफ होम क्वारंटाइन के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज हुयी है सिद्वार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जिले में अब तक तेरह हजार नौ सौ सत्तर लोगों को क्वारंटीन अवधि पूरा होने पर घर भेज दिया गया है उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण का अब तक एक भी मामला नहीं मिला है श्री मीणा ने कहा कि चार लाख तिहत्तर हजार परिवारों को राशन दिया जा चुका है उन्होंने बताया कि जिले में अब तक सात करोड़ छियालीस लाख रूपए से ज्यादा की सहायता राशि जरूरतमंद व्यक्तियों के खातों में पहुंचायी जा चुकी है